इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में आईटी व कम्पयटर राजीव गांधी की देन है उन्होंने कहा कि महिलाओँ को राजनीति में समानता का कानूनी अधिकार सहित अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश वासियों से केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थियों की वर्चअल रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय व कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया गया है भारद्वाज ने कहा कि जनहितैषी योजनाओं के परिणामस्वरूप ही प्रदेश में विकास सम्भव हुआ है इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लामार्थियों के साथ वार्तालाप किया और इन योजनाओं के बारे में अन्य लोगों को अवगत करवाने का भी आग्रह किया गोविंद शिक्षामंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विघानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है वर्च्यअल माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

इस बीच धर्मशाला में आज एक व्यक्ति की मृत्यू भी हुई है

इस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री शिमला की बताई जा रही है

शहीद सिरमौर ज़िला में ददाहू क्षेत्र के शहीद जवान प्रशांत ठाकूर का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव ठाकूर गवाना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी रेणुका के विधायक विनय कुमार व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने शहीद के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया

वीडियो कॉन्फ्रें स विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है बिलासपुर जिले के घूमरवीं में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन शुरू की गई है